मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर चंद्रयान टू ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टीम को दी बघाई केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर साठ वर्ष करने का दिया निर्देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयात पर निर्भरता कम करने और सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की ज़रूरत पर बल दिया है श्री सिंह ने रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने पर भी जोर दिया वह कल नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की योजनाओं के विषय पर एक संगोष्ठी में बोल रहे थे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही डिजाइन किए गए और निर्मित उपकरणों को वरीयता दी जा रही है आशा है इससे स्व देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश भी प्राप्तभ होगा रक्षामंत्री ने भारत में रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र को जोड़ने के प्रयास जारी हैं राज्य मंत्रिमंडल ने पांच सौ सत्तर मिलियन डॉलर लागत की यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना की मंजूरी सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट के रोड सेफ़्टी घटक के तहत कराये जाने वाले कार्यो को अनुमोदित किया गया इस परियोजना के तहत चार सौ सत्तर मिलियन डॉलर विश्व बैंक देगा जबकि शेष रकम राज्य सरकार वहन करेगी मंत्रिमंडल ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लगभग पांच सौ नब्बे एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथारिटी को दिये जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है इसके अलावा भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख और ग के खाली पदों को संविदा के आधार पर भरा जायेगा

कैबिनेट ने जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें किशोर न्याय नियमावली भी शामिल है यह नियमावली किशोर न्याय अधिनियम दो हजार पन्द्रह के सन्दर्भ में बनाई गई है इसमें किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है और इसमें सभी स्तर पर जवाबदेही तय की गयी है प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जायेगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आज दिन में ग्यारह बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जायेगी यह प्रदेश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा इस विस्तार में कई नये चेहरे शामिल किये जा सकते हैं जबकि कई मंत्रियों को प्रोन्नति मिल सकती है राज्य मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री सहित कुल तैंतालीस सदस्य हैं मंत्रिमंडल में अभी अट्ठारह और मंत्रियों की गुंजाइश है

शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार गूगल ट्वीटर यू ट्वूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भेजकर तेरह सितम्बर तक जवाब देने का निर्देश दिया है तमिलनाड् सरकार ने कल शीर्ष अदालत को बताया था कि फ़र्ज़ी अपमानजनक राष्ट्र विरोधी और आतंकी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़े जाने की ज़रूरत है जबकि फ़ेसबुक कम्पनी राज्य सरकार के सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रही है कि बारह अंकों की आधार संख्या वाली विशिष्ट बॉयोमेट्रिक पहचान को साझा करने से उपमोक्ताओं की निजता का हनन होगा कम्पनी ने कहा कि वह आधार संख्या को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया साइट पर भेजे गए संदेश सिर्फ़ भेजने और पाने वालों तक ही सीमित रहते हैं और उसे स्वयं उनकी जानकारी नहीं होती है कल सुबह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद आज चंद्रयान ट् उपग्रह को दोपहर बाद साढे बारह बजे से डेढ बजे के बीच चंद्रमा के और करीब ले जाने का प्रयास किया जाएगा आकशवाणी के साथ बातचीत में इसरो के अध्यक्ष डाक्टर के सिवन ने कहा कि कल और चौदह अगस्त को अपनायी गई प्रक्रिया चन्द्रयान टू मिशन की सफलता के लिए बहुत जरूरी थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सफलता पर इसरो की टीम को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चन्द्रमा की ऐतिहासिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि दो हजार बाईस तक सभी को आवास देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने और लक्ष्य की प्राप्ति एक से दो वर्ष में हो जायेगी वे कल नई दिल्ली में दो हजार बाईस तक सभी को आवास के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए दस से बारह प्रतिशत विकास दर की आवश्यकता है और ये रीयल एस्टेट क्षेत्र से हासिल की जा सकती है केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है अब यह समी कर्मी साठ साल की आय में सेवानिवृत्त होंगे गृह मंत्रालय ने अपने ताजा आदेश में इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आय को लेकर व्याप्त खामियां दूर कर दी हैं चार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में सिपाही से लेकर कमाडेंट पद तक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब तक सत्तावन साल थी गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है जिसमें सेवानिवृत्ति की अलग अलग आयु को असंवैघानिक करार दिया गया था आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी अदालत के आदेश और गृह मंत्रालय के निर्देश जारी होने की अवधि के बीच सत्तावन वर्ष की आय में सेवानिवृत्त कर दिये गये हैं उनके पास दो विकल्प है वे अपने सभी पेंशन लाभों को लौटा कर पुनः सेवा में आ सकते हैं या फिर वह सभी लाभ ले सकते हैं जो उन्हें साठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय होंगे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पचहत्तरवीं जयंती के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न भागों में विचार गोष्ठियों और रक्तदान शिविरों सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इस दिन को साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित किया गया रायबरेली के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह का लम्बी बीमारी के बाद कल सुबह लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया कैंसर से पीड़ित श्री सिंह लगभग साठ वर्ष के थे श्री सिंह ने अपनी राजनैतिक यात्रा की शुरूआत कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में उन्नीस सौ तिरानवे में की थी हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और निर्दलीय विधायक के तौर पर रायबरेली सीट का चार बार प्रतिनिधित्व किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सिंह के निधन पर दुःख जाहिर किया है लखनऊ में जारी शोक संदेश में श्री योगी ने कहा है कि श्री सिंह एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिये हमेशा तत्पर रहते थे

कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का सम्पर्क ट्रट गया है और कई गांवों के लोग बाढ़ की आशंका के मद्देनजर गांव छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं तहसील प्रशासन स्थिति का जायजा लेने के बाद सतर्कता बढ़ा दी है तथा स्थानीय निवासियों को जुरूरी मदद पहुंचा रहा है वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रमुख घाटों का एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया है केन्द्रीय जल आयोग ने बताया है ँकि अगले चौबीस घंटे के दौरान गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है वहीं गंगा की सहायक नदी वरूणा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि की वजह से जिले के कई बुनकर बाहुल्य गांव जलमग्न हो गये हैं